बर्फबारी से शिमला जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है कुफरी में एक फुट जबकि नारकंडा और खड़ापत्थर में लगभग डेढ़ फुट ताजा हिमपात हो चुका है और रामपुर के लिए बसों को वाया धामी चलाया जा रहा है

बर्फबारी से फिलहाल शहर की अंदरूनी सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है हालांकि बिलासपुर शिमला और कालका शिमला उच्चमार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है प्रशासन द्वारा सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है ऊपरी शिमला पिछले कल से राजधानी से पूरी तरह कटा हुआ है मौसम विभाग ने आज राज्य के निचले क्षेत्रों में वर्षा जबकि मध्यम व उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है विभाग के अनुसार प्रदेश में कल मौसम साफ बना रहेगा बीटिंग रिट्रिट गणतंत्र दिवस के चार दिन के समारोह का समापन आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट से होगा इस वर्ष भी भारतीय संगीत की धुने बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम का प्रमुख आकार्षण होंगी सेना नौसेना वायुसेना और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैण्डों की प्रस्तुतियां लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगी समारोह में रेजिमेंटल सेंटर और बटालियन के पन्द्रह मिलिट्री बैण्ड तथा सोलह पाइप और ड्रम बैण्ड भाग ले रहे हैं

बसंत पंचमी आज बसंत पंचमी है इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है बसंत ऋतु की पंचम तिथि में पड़ने वाली सरस्वती पूजा का विद्यार्थी जीवन में विशेष महत्व हैं मान्यता के अनुसार पहली बार स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों आज के दिन मां सरस्वती के सामने अक्षर ज्ञान भी करवाया जाता है इस मौके पर शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है

रक्षा पैंशन संवितरण अधिकारी राजीव कुमार गर्ग ने बताया कि पैंशन अदालत में रक्षा पैंशनधारकों की पैंशन संबंधी शिकायतों का मौके पर निपटारा किया जाएगा एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने बर्फबारी से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है आज भी मौसम के कड़े तेवर शिमला सहित राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में भारी हिमपात दैनिक जागरण ने लिखा है हिमाचल में आफत की बर्फबारी

अजीत समाचार के अनुसार पश्चिमोत्तर में बारिश से ठंड बढ़ी हिमाचल में हिमपात प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी खबर को दिव्य हिमाचल ने शीर्षक दिया है दिल्ली में होगी जयराम केबिनेट पहली को मुख्यमंत्री रचेंगे इतिहास

बहचर्चित कसौली गोलीकांड पर अमर उजाला का शीर्षक है एक दर्जन लापरवाह पुलिस कर्मचारियों को पांच साल पहले रिटायर करने की सजा

अमर उजाला लिखता है बहुतकनीकी कालेज हमीरपुर का कारनामा शिक्षकों की शिकायत की तो फेल कर दिए छात्र कोरोना वायरस की खबर को आपका फैसला ने शीर्षक दिया है हिमाचल में हाई अलर्ट स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर